्भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का अरब सागर में किया सफल परीक्षण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

श्री जावड़ेकर ने सभी लोगों से समीर एप डाउनलोड करने की अपील की

परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस ने अरब सागर स्थित ठिकाने पर अच्रक निशाना लगाया विभिन्न प्रकार से काम में लायी जा सकने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का डिजाइन विकास और निर्माण का कार्य भारत और रूस ने मिलकर किया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट संदेश में भाजपा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेंघवाल के कोविड पॉजिटिव पाये जाने पर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है

गृह विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर कार्रवाई के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विकास अधिकारी को अधिकृत किया है अधिसुचना के तहत विवाह और अंतेष्टी के अलावा किसी भी अन्य उददेश्य से किये जा रहे सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम के लिये जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी

इसी कडी में बंदी में आज एक सामाजिक संगठन की ओर से बाजारों में मास्क और सैनेटाइजर वितरित किये गये जालौर में वाहनों पर नो मास्क नो एन्ट्री के स्टीकर लगाकर लोगों को सजग किया गया

उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजनैतिक दलों में सरगर्मियां बढ गई हैं मुख्य मुकाबला इस बार भी परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहने की संभावना है इस बीच भाजपा ने आज जोधपुर नगर निगम के लिये प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन अभी जारी है

अदालतों में कामकाज वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से भी जारी रहेगा

मंदिरों में कोरोना गाईडलाईन की पालना करते हुये श्रद्वालुओं को प्रवेश दिया गया भरतपुर में भक्तों ने राजराजेश्वरी और मनसा देवी मंदिरों में कोविड गाईडलाईन के निर्देशों के साथ दर्शन किये इस दौरान घंटे बजाने प्रसाद और फूल माला चढाने पर भी प्रतिबंध रहा इधर टोंक के डिग्गी स्थित श्रीकल्याण मंदिर के पट आज श्रद्दालुओं के लिये खोल दिये गये

पुलिस ने बनास नदी से तीनों के शव बरामद कर परिजनों को सौंप दिये हैं

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ढांचे में सुधार संबंधी अपने कोष का पुनर्गठन कर रहा है आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम को नया रूप दिया जा रहा है

श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं